प्रदेश के कक्षा तीन से आठवीं तक के चौवन लाख विद्यार्थियों की मूलभूत दक्षताओं का आंकलन आज से इन्दौर संभाग के छह जिलों में मानसून की दस्तक आज उज्जैन इन्दौर देवास सहित कई जिलों में बारिश की संभावना विधानसभा सत्र राज्य विधानसभा का पाँच दिवसीय पावस सत्र आज से शुरू हो रहा है सत्र के दौरान राज्य सरकार प्रथम अनुप्रक बजट प्रस्तुत करेगी सत्र में कुल पांच बैठकें होंगी विधानसभा सचिवालय में एक हजार तीन सौ छियत्तर प्रश्नों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं जबकि ध्यानाकर्षण की दो सौ छत्तीस स्थगन प्रस्ताव की तीन अशासकीय संकल्प की सत्रह शून्यकाल की छत्तीस सूचनायें प्राप्त हुई है विधानसभा अध्यक्ष डाक्टर सीतासरन शर्मा ने कल सत्र संबंधी तैयारियों का जायजा लिया विधानसभा सत्र को लेकर कल शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक हुई जिसमें विपक्ष द्वारा लाये जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ रणनीति तैयार की गई वहीं कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने विधायकों को सत्र के दौरान जनता से जुड़े मुद्दे सदन में पुरजोर तरीके से उठाने को कहा बैठक में ई टेण्डर किसानों की कर्जमाफी सूखा और महिलाओं के उत्पीड़न मामलो को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाइ गई निषेधाज्ञा विधानसभा के मानसून सत्र के मद्देनजर आज से उन्तीस जून तक राजधानी भोपाल के प्रमुख क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू रहेगी जिला कलेक्टर सुदामा खांडे ने बताया कि इस अवधि में सुबह छह बजे से रात्रि बारह बजे तक विधानसभा के आसपास के क्षेत्रो रोशनपुरा राजभवन जहांगीराबाद और बोर्ड आफिस चौराहे तक निषेधाज्ञा के चलते इन स्थानों पर धरना प्रदर्शन और सभा की अनुमति नही होगी ये आदेश ड्यूटी पर कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों के लिए लागू नहीं होगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा पीढ़ी को बलिदान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्रेरित करने के उददेश्य से हरवर्ष रानी दूर्गावती के बलिदान दिवस पर तीन दिवसीय कार्यकम आयोजित किये जायेंगे मुख्यमंत्री ने मंडला जिले के रामनगर में आदिवासी संग्रहालय बनाने की घोषणा भी की कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अठारह करोड़ अट्ठाईस लाख रूपये की लागत से पूरी की प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य का लोकार्पण किया इसी के साथ मुख्यमंत्री ने जबलपुर जिले को शतप्रतिशत विद्युतिकृत घोषित किया अब तक सौभाग्य योजना से जिले के कुल चालीस हजार दो सौ निन्यानवें घर रोशन हो चुके हैं कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने आदिवासी समाज के लोगों का सम्मानित किया और आदिवासियों को वनभूमि और सामुदायिक पट्टे के साथ ही संबल योजना के स्मार्ट कार्ड तेंद्रपत्ता बोनस पानी की बोतल साड़ियाँ और उज्जवला योजनांतर्गत रसोई गैस सिलेण्डर वितरित किये उधर खण्डवा जिले के पुनासा में रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस मनाया गया इस मौके पर एक रैली निकाली गई डिण्डौरी में राजनैतिक और सामाजिक संगठनों ने उनके बलिदान को याद किया कृषि पुरस्कार मध्यप्रदेश को समग्र कृषि पैदावार में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिये नई दिल्ली में सर्वश्रेष्ठ राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया

समग्र कृषि पैदावार में मध्यप्रदेश पहले स्थान पर उड़ीसा दूसरे तेलंगाना तीसरे आंधप्रदेश चौथे और महाराष्ट्र पाँचवें स्थान पर रहा है काला दिवस भारतीय जनता पार्टी आज आपातकाल विरोधी दिवस मनायेगी आज ही के दिन वर्ष उन्नीस सौ पिचहत्तर में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लागू किया गया था आज और कल भाजपा द्वारा देशभर में पत्रकार वार्ताओं का आयोजन किया गया है जिन्हें केन्द्रीय मंत्रियों के अलावा बड़े नेता संबोधित करेंगे

शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित दक्षता उन्नयन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे इस आकलन में विद्यार्थियों की गणित एवं हिन्दी विषयक दक्षताओं का आकलन किया जायेगा

राज्यपाल राज्यपाल अनंदीबेन ने कल राजभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के बच्चों द्वारा आयोजित रामलीला कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि रामलीला हमें धार्मिक घटनाओं और भगवान श्रीराम के मर्यादापुरूष होने का प्रमाण देती हैं इससे हमारी धार्मिक आस्था और भावना सुदृढ़ होती है रामलीला भारतीय प्राचीन संस्कृति सभ्यता और धार्मिक आस्था को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम है इससे बच्चों में अच्छे आदर्श और चरित्र का निर्माण करने में मदद मिलती है इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रभाषा प्रचार सभितियुवामंच और हिन्दी भवन के सहयोग से राजभवन सचिवालय द्वारा आयोजित किया गया था इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि देश और विदेश में लोग रामलीला देखकर ही अपने जीवन में बदलाव ला रहे हैं प्रशिक्षण मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली आगामी प्रारंभिक और मुख्य राज्य सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने वाले संभाग के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिये एक जुलाई से परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण दिया जायेगा निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवार आज परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र सिरोजा सागर में अथवा संभागीय उपायुक्त आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं मौसम राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सो में मानसून ने दस्तक दी है कल इन्दौर संभाग के छह जिलों बुरहानपुर अलीराजपुर बड़वानी खण्डवा धार और खरगोन में दोपहर बाद तेज बारिश हुई मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अड़तालीस घंटे के भीतर मानसून भोपाल और इन्दौर सहित कुछ और जिलों में पहुँच सकता है मौसम केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार आज उज्जैन इन्दौर देवास धार अलीराजपुर बड़वानी सहित कृष्ठ जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई है

इसमें केन्द्रीय योजनाओं के कियान्वयन की समीक्षा की जायेगी